गौरतलब है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले मंगलवार को श्री पायलट सहित उनके समर्थक विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया था इन नेताओं को पार्टी के व्हीप का उल्लंघन करने के मामले नोटिस जारी किया गया था इस नोटिस को पायलट और उनके समर्थकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन ने संकमण वाले इलाकों में सतर्कता और बढ़ा दी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संकमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है आज सावन माह का तीसरा सोमवार है आज ही हरियाली अमावस्या भी है इन दोनों अवसरों पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन की पालना करते हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उदयपुर में हरियाली अमावस्या पर नगर निगम की ओर से सहेलियों की बाड़ी पर लगने वाला दो दिवसीय मेला इस बार आयोजित नहीं होगा

वहीं शहर के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में आज पंचामृत अभिषेक और विशेष पूजन किया गया वहीं सवाई माधोपुर में भी हरियाली अमावस्या के मौके पर रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में श्रद्वालओं ने डुबकी लगाई इसके पश्चात गाइड लाइन का पालन करते हुए दान पुण्य किया गया वहीं जिर्ले में अल सुबह से ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है

हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि आज सुबह लालसोट कस्बे और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई शहरी क्षेत्र में करीब दो घंटे बारिश का दौर चला जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं